मैत्री सेत् का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है जो त्रिप्रा और बांग्लादेश के बीच बहती है

करीब दो किलोमीटर लंबा यह प्ल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है प्रधानमंत्री ने त्रिप्रा में कई ब्नियादी ढांचा परियोजनाओं की भी श्रुआत की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेत् से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस प्ल के उद्घाटन के साथ ही अगरतला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्द्री बंदरगाह का निकटतम भारतीय शहर बन जाएगा

इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सचिव पीपार्थिबन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आय्क्त निहारिका राय राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक एमलेगो सहित कई अधिकारी मौजूद थे इस अवसर पर इस होम के लिए एक एंब्रेलेंस सेवा भी श्रू की गई अपने संबोधन में म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा कि राज्य सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा में लगे हए स्थानीय संगठनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा आवास और स्वास्थ्य के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है

इस ग्राम सभा की बैठक में बाथ चिंप् के जिला पंचायत सदस्य तारो तागिया ग्राम चेयर पर्सन नाबम याजो सदस्य बैंगिया इग् ई ए सी दोलमा वांगजोम सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया ग्राम सभा की बैठक में पंचायत सदस्यों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई

राज्य पर्यटन विभाग दवारा आयोजित निजी बाईक कंपनी के सहयोग से आयोजित यह जागरुकता रैली दामब्क नामदफा पांगसो पास से नामसाई होते हए आगामी चौदह मार्च को असम के डिब्रगढ़ में संपन्न होगी अपने संबोधन में श्री सोना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में विविध लोक संस्कृति मनोरम पर्वत श्रेणियों घाटियों और नदियों के दर्शन होते है इस अवसर पर स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग ने पर्यटकों की स्विधा के लिए राज्य में अनिवार्य रुप से इनर लाइन परमिट की व्यवस्था में व्यापक स्धार का अन्रोध किया

पदभार ग्रहण करने के बाद श्री मिश्रा ने ईस्ट सियांग जिले के सभी स्टेशनों का दौरा किया और प्लिस कर्मियों से बातचीत की संवाददाताओं के साथ बातचीत में जिला प्लिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पारदर्शी प्लिसिंग उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने सभी हितधारकों से जिले को अपराध म्क्त बनाने के लिए बेहतर तालमेल के साथ काम करने की अपील की

इस अवसर पर सेंट क्लारेट कॉलेज जिरो की टॉपर तागे तुनिया को एक दिन के लिए लोअर सुबनसिरी जिले के एस पी का प्रभार दिया गया तागे तुनिया मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं और उन्हें महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रतीक के रुप में यह जिम्मेदारी दी गई इस अवसर पर वर्तमान प्लिस अधीक्षक हर्ष इंदोरा डी एस पी तासी दारांग सहित कई प्लिस अधिकारी मौजूद थे इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में प्लिस कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों ने हिस्सा लिया

महिला और बाल विकास विभाग और एंजालूमेंडा वीमेन एम्पावरमेंट फोरम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया